मास्की पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

समाचार लिखे जाने तक कई स्थानों पर मतदान जारी था छिटपुट वारदातों को छोड़कर कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है

ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच केन्द्रों में भेजा जा रहा है वोटों की गिनती दस नवम्बर को होगी जिन विधानसभा सीटों के लिये आज वोट डाले गये वे है अमरोहा की नौगांवा सादात बुलन्दशहर टूडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया और जौनपुर की मल्हनी मतगणना दस नवम्बर को होगी नौगांवा सादात सीट से पूर्व क्रिकेटर और मंत्री रहे चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान चुनाव लड रही है हमारे अमरोहा प्रतिनिधि ने बताया कि अमरोहा जिले की नौगावां सादात विधानसभा के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया शुरुआत में मतदान की गति धीमी रही हालांकि सूरज चढ़ने के साथ मतदान प्रतिशत भी बढ़ता गया

यह सीट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर एवं कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वर्गीय चेतन चौहान के निधन के बाद रिक्त हुई है मरगूब हुसैन आकाशवाणी समाचार अमरोहा फिरोजाबाद जनपद की टूंडला सीट पर भी मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गया

सात सीटों के लिये अट्ठासी प्रत्याशी मैदान में हैं जिनमें से नौ महिलाएं हैं

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि कोरोना के मद्देनजर सभो आवश्ययक उपाय किए गए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रवेश से पहले मतदाताओं के शरीर का तापमान लेने की व्यवस्था की गई

इस अभियान के अन्तर्गत पांच थीम निर्धारित किये गये हैं ये है बाल एवं महिला अधिकार मानसिक स्वास्थ्य और मनो सामाजिक परामर्श दूसरा कन्या भ्रूण हत्या तीसरा महिला तथा बच्चों की तस्करी बल पूर्वक भिक्षावृत्ति और बालश्रम चौथा घरेलू हिंसा और पांचवा बाल विवाह ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत बिल समय पर अदा करे जिससे घाटे में चल रहे विभाग की स्थिति बेहतर होगी और उनको सस्ती बिजली देने का रास्ता प्रशस्त होगा श्री शर्मा ने आज लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली घरों और आवासीय क्षेत्रों का दौरा कर उपभोक्ताओं से फीड बैक लिया और उन्हें समय से बिल जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया उन्होंने बिजली कार्मिकों से कहा कि वे बकायेदार उपभोक्ताओं के घर जाये और बकाये की धनराशि जमा करने का अनुरोध करे उन्होंने कहा कि घर की बिजली काटना कोई अच्छा विकल्प नहीं है

इसी प्रकार सरकार द्वारा कल सात सौ छह मोट्रिक टन मक्का की खरीद की गई और अब तक कुल एक हजार सात सौ अड़तीस मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्तयोदय की विचार धारा पर कार्य करती है आज सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही श्री पाल ने कहा कि भाजपा के विकास के अन्तयोदय के सिद्वांत पर ही केन्द्र और देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त हुआ है उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा मिलकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जहां एक ओर गरीबी को दूर करने में सफलता मिली है

उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में ऐतिहासिक सुधार होना इस बात की पुष्टि करता है शिल्पकारों के उत्पादों की बिक्रो को बढ़ाने के लिये दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा लखनऊ के डालीबाग स्थित खादी भवन में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि इस बार की दीपावली में उत्कृष्ट श्रेणी के स्वदेशी लक्ष्मी गणेश की मूर्तिया तैयार करने के लिये शिल्पकारों को डाई स्प्रे पेंटिंग मशीन आधुनिक भट्ठी और दिया मेकिंग मशीने निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है उन्होंने बताया कि मेले में हिस्सा लेने वाले कारीगरों को निःशुल्क स्टॉल और आवास उपलब्ध कराये जायेंगे पति की लम्बी आयु की कामना के साथ रखे जाने वाले व्रत के त्यौहार करवाचौथ की बाजारों में धूम है सुहागिन स्त्रियां कल करवाचौथ का त्यौहार मनायेगी इस अवसर पर बड़ी संख्या में बाजारों में खरीददारों की भीड़ देखी जा रही है यह करवाचौथ कार्तिक मास कृष्णपक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारतीय परम्परा से जुड़े इस त्यौहार की झलक विदेशों में भी देखने को मिलती है ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पूरा करने से स्त्रियों के पति की आयु लम्बी होती है

बाराबंकी के मसौली क्षेत्र में कल रात एक कार को तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गये